पांच कोरोना मरीज़ो को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छ्ट्टी मिली केन्द्र सरकार ने कहा है कि उर्वरक विभाग देश में उर्वरकों के उत्पादन ढ्लाई और उपलब्धता पर नजदीकी से नज़र रख रहा है ताकि किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति स्निश्चित की जा सके रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि विभाग में उच्च स्तर पर कदम उठाकर किसानों को खादों की आवश्यक उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है विभाग द्वारा खादों उत्पादन और आपूर्ति चेन से सम्बधित किसी भी समस्या के हल के लिए हर समय निगरानी की जा रही है मंत्रालय ने कहा कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की विभिन्न एजेंसियों के साथ तालमेल किया जा रहा है ताकि उर्वरके की पर्यापत उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके किसानों को खादों की आपूर्ति करने के लिए केन्द्र सरकार की प्रतिबद्वता बारे बोलते ह्ये रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि खादों की आपूर्ति निर्विध्न जारी है केन्द्रीय कृषिमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सभी राज्यों को खरीफ के लक्ष्यों की पूर्ति और किसानों की आय को दोग्णी करने को मिशन की तरह लेना चाहिए वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से खरीफ फसलों बारे राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हये उन्होंने राज्यों को आशवासन दिया कि केन्द्र राज्यों के समक्ष पेश आ रही म्शकिलों को दूर करेगा इस राष्ट्रीय सम्मेलन का म्ख्य उद्देश्य तालाबंदी के मद्देनज़र राज्यों के साथ खरीफ की खेती की तैयारियों बारे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना और कदम उठाना था श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया है कि इस संकट के दौरान गांव गरीब और किसानों का न्कसान न हो उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ कार्ड योजना के बारे में प्रत्येक किसान को विस्तार से जानकारी दे श्री तोमर ने सामाजिक दूरी और सामाजिक जिम्मेदारी के मानदंडो को सुनिश्चित करते हये कृषि क्षेत्र के लिए गृहमंत्रालय द्वारा दी गई छूट लागू करने का आहवान किया

करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कालेज के चिकित्सकों ने दोग्णा वेतन लेने से इन्कार किया है इस सम्बध में उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर म्ख्यमंत्री को पत्रभेजा है इस पत्र में डॉक्टरों ने कहा कि चिकित्सकों को दोगुणा वेतन देने के बजाये इस राशि को कोरोना वायरस से जंग के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए डॉक्टरों ने कहा कि जबतक यह महमारी खत्म नहीं होती तब तक वे अपनी सेवायें देते रहेंगे अगर जरूरत पड़ी तो बिना वेतन के भी काम करेंगे

गृह मंत्रालय की प्रतिनिधि संयुक्त सचिव प्ण्य सलिला श्री वास्तव ने मीडिया को बताया कि राज्यों ने तालाबंदी को लागू करने के लिए किये गये प्रयासों को और मजबूत किया है एवं आवश्यक वस्त्ओं की आपूर्ति संतोषजनक है उन्होंने कहा कि रेल हवाई और सड़क परिवहन तीन मई तक स्थगित और कैब भी नहीं चलेंगी वार्ता में भारतीय आय्र्विज्ञान अन्संधान परिषद के प्रतिनिधि रमन गंगा खेडकर ने कहा कि लोगों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है क रेपिड प्रतिरोधी टेस्ट बीमारी का जल्द पता लगाने के लिए नहीं है बल्कि निगरानी के लिए है उन्होंने कहा कि देश में इस समय पांच लाख रेपिड टेस्ट किट उपलब्ध है

आज चंडीगढ़ में वीडियो कांफ्रस के माध्यम से संकट तालमेल समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुये उन्होंने कहा कि प्लिस विभाग आर्थिक गतिविधियों के व्यवस्थित ढंग से संचालन के लिए जारी दिशा निर्देशों की अन्पालना स्निश्चित करेगा उन्होंने कहा कि मनरेगा श्रमिकों को सिंचाई कार्यो और जल संरक्षण के लिए ई पास जारी किए जायेंगे उन्होंने उपाय्क्तों को केवल उन्ही ईंट भद्वों को खोलने की तैयारी करने को कहा जिनहे राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अन्मति दी है उन्होंने कहा कि ई पास केवल घर से कार्यस्थल तक जाने और घर वापिस आने के लिए जारी किया जायेगा

अच्छी खबर यह है कि आज पांच कोरोना पोजिटिव मरीज़ों को स्वस्थ्य होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दी गई है

उधर सिरसा में एक ही परिवार के कोरोना संक्रमित चार मरीज़ों में से एक ने कोरोना को हरा दिया है

यहां स्वस्थ होने वाले मरीज़ों की गिनती चार हो गई है उधर यम्नानगर जिले में भी तीन जमातियों के नमूनों की रिपोर्ट भी दो बार नेगीटिव आई है

इसके साथ यम्नानगर जिले में कोरोना का कोई मरीज़ नहीं रहा गया है उधर भिवानी में भी एक राहत की खबर है संडवा गांव के अब्द्रला के बाद मानहेरू गांव के निजामुद्दीन भी स्वसथ हो गया है हरियाणा के उपम्ख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला ने कहा कि फसल खरीद में किसानों को कोई भी समस्या आड़े नहीं आने दी जाएगी प्रदेश सरकार कोरोना महामारी से लडऩे के लिए हर च्नौती से निपटने के लिए प्री तरह से तैयार है उन्होंने अपील की कि इस संकट की घड़ी में किसान व आढ़ती दोनों सरकार का सहयोग करें

इस दौरान उपम्ख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसानों की फसल खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के आदेश दिए उन्होंने मंडी में मौजूद किसानों की समस्याएं सुनते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि वे निश्चिंत रहे कि सरकार किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदेगी

प्लिस ने बताया कि पकड़े गये आरोपियों की पहचान रोड़ी के दलबीर सिंह अवतार सिंह अमरीक सिंह और जसपाल सिंह के रूप में हुई है

बोर्ड ने आयकर दाताओं से कहा कि वे उनके भेजे गये ई मेल का त्रंत जवाब दे ताकि उनका रिफंड जारी हो सके

उनहोंने कहा कि कल लगभग नौ हजार टन सरसों की खरीद की गई